महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति सामाजिक जागरूकता में वृद्धि ह्यी है उन्होंने कहा कि पुलिस के विभिन्न अंगों द्वारा पूरे समन्वय के साथ इस अभियान को सफल बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को मिशन शक्ति अभियान की विभिन्न गतिविधियों को अन्तर्विभागीय समन्वय से संचालित करते रहने के निर्देश दिये मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद की समीक्षा करते हए श्री योगी ने निर्देश दिया कि समी किसानों की उपज के मूल्य का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने वरासत अभियान की प्रगति की जानकारी लेते हुए इस अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की तैयारी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए उन्होंने प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की फोकस टेस्टिंग किये जाने पर बल दिया है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तेड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक टेस्ट किये जाएं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख पच्चीस हजार से कम टेस्ट न हों मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाय प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की आवश्यकतानुसार व्यक्स्था सुनिश्चित की जाए प्रदेश में कोरोना के एक सौ इकत्तीस नये मामले आये जबकि इस दौरान एक सौ पैंतीस कोरोना मरीज ठीक हुए और अब तक पांच लाख बान्नवे हजार तीन सौ सत्ताईस लोग स्वस्थ्य हो गये तथा आठ हजार सात सौ तेईस लोगों की मौत हुई हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है उधर प्रदेश में टीकाकरण का कार्य केन्द्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है पहली मार्च से साठ वर्ष से अविक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन देना शुरू किया जायेगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की यह दीकाकरण अमियान अप्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी मॉप अप सत्र के तौर पर था जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था इस दौरान दोनों ही तरह की के टीकों का इस्तेमाल किया गया और समी लामार्थी पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं टीकाकरण के बाद लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल में टीकाकरण पूरा होने के संदेश मिल गए

देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस मेले की शुरूआत कल से हो रही है इसे दो मार्च तक आयोजित किया जाएगा यह खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है इसका उद्देश्य एक ही मंच पर भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हित धारकों को इकट्टा करना है अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्व परंपरा का उल्लेख किया था उनके शब्दों से प्रेरित होकर खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर दो हजार इक्कीस में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया उन्होंने जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेह में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए मऊ जिले के निवासी सेना के जवान श्री गणेश यादव के शौर्य और पीरता को नमन करते हुये उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी है मुख्यमंत्री ने शहीद श्री गणेश यादव के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोसणा की है उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम करने की भी घोसणा की है इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा हजरत अली का जन्म दिन आज हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है इस अवसर पर महफिलों और मुशायरो का आयोजन किया गया है